उदघाटन समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे अपने संबोधन में मुख्य मंत्री ने सलमान खान का अरुणाचल में स्वागत करते हुए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और उनके प्रचार के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया श्री खाण्डू ने कहा कि अरुणाचल की ताकत उनकी विविध अनदेखी प्राकृतिक सुन्दरता और संस्कृति में बस्ती है उन्होंने कहा कि राज्य की हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग सुन्दरता है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकर ने हाल ही में सत्रह निजी निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है और उन में से ज्यादातर पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने उम्मीद जताई की निजी क्षेत्रों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश करने की शुरुआत के साथ ही भविष्य में अरुणाचल भी इस क्षेत्र में प्रगति करेगी इससे पहले सलमान खान ने दलमिय एम टी बी अरुणाचल माउंटेन बायसाईकल रेश की दूसरी सस्करण की भी शुरुआत की थी जिसे ईटानगर में गत चौदह नवंबर को श्री रिजिजू ने रवाना किया था उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की अध्यक्षता में कल ईटानगर में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर महत्वपूर्ण संकल्प अपनाया गया बैठक में परिषद ने सड़क सुरक्षा निधि का निर्माण करने सड़क सुरक्षा उपायों के लिए उपकरणों की खरीद नगर एवं शहरों तथा दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में गति सीमा लागू करने गति मापने के उपाय और आवश्यक संकेतों का परिचय राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण यातायात डिविजन का निर्माण औरमेनपावर लागू करने सहित अन्य उपायों का संकल्प लिया सड़क सुरक्षा उपायों को नकारने के कारण राज्य में बड़ती सड़क दुर्घटना मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री मेन ने परिषद से सड़क सुरक्षा उपायों को कड़ाई के साथ लागू करने को कहा गृह एवं नगरीय विकास मंत्रि कुमार वाई ने कहा कि भारत और तिब्बत के बीच सदियों से सांस्कृतिक एवं व्यापार संबंध है और पड़ोसियों के साथ स्वस्थ्य संबंध बनाए रखने के लिए एक मजब्रत और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जोर देता आ रहा है ये बात श्री वाई ने कल तवांग में मजबूत और सुरक्षित सीमा सुरक्षित सुसंस्कृत और विकसित राष्ट्र के लिए एक माध्यम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा उन्होंने कहा कि राज्य तथा केंद्र सरकार सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए काम करते आ रहे है सम्मेलन में करीब बीस राज्यों से तीन सौ पचहत्तर से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भाग लिया सम्मेलन का आयोजन भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने इस मासिक कार्यक्रम के जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते रहे है प्रधानमंत्री ने मन की बात की चौदहवीं कड़ी में मुद्रा योजना के बारे में विचार साझा किए थे जिसमें गैर सहकारी और गैर कृषि लघु सूक्ष्य उद्यमियों को दस लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और सेवाओं के नियमन तथा मानकीकरण के लिए सबंध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय विधेयक दो हजार अटठारह को मंजूरी दे दी है विधेयक में भारतीय संबंध और स्वास्थ्य सेवा परिषद के गठन को मंजूरी देने का प्रावधान है भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर सफलतापूर्वक अमल होने के बाद द्रनियाभर में इसे एक मिसाल के तौर पर लिया गया है आकाशवाणी से भेंट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि इस योजना की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर द्रसरे स्थानों पर भी अमल किया जाना चाहिए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

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया